संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

राज्य की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले बीस महीनों में चौरान्नबे लाख से ज्यादा घरों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं इसके अलावा रिकार्ड समय में एक लाख बीस हज़ार मज़रों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया गया है उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने लखनऊ में यह जानकारी देते हए बताया कि चौहत्तर लाख इच्छ्क घरों को सौभाग्य योजना के तहत निश्चल्क बिजली कनेक्शन भी दिये गये हैं उन्होंने बताया कि अगर्ले डेढ़ माह में व्यापक स्तर पर ट्रांसफ़ार्मरो की क्षमता में बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्यारह अक्टूबर दो हजार सत्रह को सौमाग्य योजना का श्मारम्भ किया था उधर केन्द्र सरकार ने कहा है कि पच्चीस राज्यों ने सभी परिवारों के लिये विद्युतीकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है बिजली मंत्री आरके सिंह ने एक बयान में कहा कि असम राजस्थान मेघालय और छत्तीसगढ़ में केवल दस लाख चौरासी हजार घरों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ये राज्य सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल यानी बुधवार तक स्थगित कर दी गई इससे पहले राज्यसभा में कल तीन तलाक संबंधी विधेयक पर लगातार शोर गुल के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा आयी और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई कांग्रेस के नेतृत्व में विफ्री सदस्य यह विधेयक प्रवर समिति को भेजने की मांग करते रहे संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार है करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के अंदर ऑपोजिशन कांग्रेस समेत रूकावट करने का काम कर रही है देशभर में यह संदेश जाना चाहिए कि न ये मुस्तिम के पक्ष में न महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है तीन तलाक विल के ऊपर इन लोगों की मंशा ये नहीं है अगर मंशा है तो मैं कहता हूं सरकार चर्चा के लिए तैयार है अभी और इसी समय श्री विजय गोयल ने सदन से यह विधेयक पारित करने की अपील भी की इससे पहले विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार विधेयक के बारे में अन्य दलों के विचार सुनने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष विधेयक को रोकना चाहता है

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार को देश का वित्तीय घाटा कम करने के लिए रिजर्व बैंक की आरक्षित राशि से धन की जरूरत नहीं है उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि केंद्र सरकार इस बारे में रिजर्व बैंक पर दबाव बना रही है श्री जेटली कल लोकसभा में दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि वह इस मामले में बेनकाब होने के बाद भाजपा सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है श्री योगी ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ़्तारी से हताश है उन्होंने इस सौदे में कांग्रेस नेताओं के जरिये डेढ़ सौ करोड़ रूपये रिश्वत लेने का आक्षेप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को न सिर्फ देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए बल्कि मिशेल के संबंध में अपना रूख भी स्पष्ट करना चाहिये उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की वजह से सेना को हथियारों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है पुलिस ने ग़ाज़ीपुर में भीड़ द्वारा पथराव की घटना में पुलिस के एक सिपाही सुरेश प्रताप सिंह वत्स की मौत के सिलसिले में कल सोलह लोगों को गिरफ्तार किया अब तक कल सत्ताईस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने लखनऊ में बताया कि घटना के संबंध में दर्ज मुकदमों के तहत यह गिरफ्तारिया की गई हैं विगत शनिवार को राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रधानमंत्री की रैली में जाने से रोका था इससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रास्ता जाम कर दिया और रैली से र्लेट रहे वाहनों पर पथराव किया इस दौरान पुलिस कांस्टेबिल वत्स के सिर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गयी राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि कोई भी समाज साहित्य के बिना अधूरा है उन्होंने कहा कि समाज में जो भी घटित हो रहा है उसे साहित्यकार विभिन्न विद्याओं के ज़रिये लोगों के समक्ष पेश करता है श्री नाईक लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के बयालीसयें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिन्दी देश के दस से ज्यादा राज्यों में बोली और पढ़ी जाती है राज्यपाल ने लेखकों और साहित्यकारों से ज्यादा से ज्यादा हिन्दी भाषा में लिखने का आहवान करते हुए कहा कि इससे हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होगा इस अवसर पर श्री नाईक ने अड़सठ से ज़्यादा साहित्यकारों को विभिन्न विघाओं में लेखन पर सम्मानित किया

नया साल दो हजार उन्नीस आज से शुरू हो गया है राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा विभिन्न राजनीतिक दलो के नेताओं ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई दी है राज्यपाल राम नाईक ने नव वर्ष में महिलाओं को और अधिक सम्मान दिए जाने की अपील करते हुए प्रदेशवासियों के सुख तथा समृद्धि की कामना की है मुख्यमंत्री ने अपने बघाई संदेश में कहा है कि प्रदेश को समृद्दि और विकास के रास्ते पर ले जाने के प्रयासों को नए वर्ष में और गति मिलेगी उन्होंने कहा है कि नव वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में नयी योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के साथ साथ जन समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को और प्रमावी बनाया जायेगा इस बीच नव वर्ष पर आज प्रदेश के विभिन्न महानगरो नगरो तथा अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में ठंड और कोहरे से आम जन जीवन प्रभावित है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है एक रिपोर्ट बरेली मेरठ आगरा रायबरेली शाहजहापुर कानपुर और सुलतानपुर जिलों में न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ वहीं मुज्जफरनगर लगातार प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना रहा जहां पारा एक दशमलव दो डिग्री रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से पांच डिग्री कम रहा राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम रहा और यह तीन दशमलव तीन डिग्री रिकॉर्ड किया गया कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और तराई इलाकों में पड़ा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर पीलीमीत में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की कारण ज़िला प्रशासन ने कक्षा आठ तक के स्कूलों में चार जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है